उम्मीदवारों को मिलेगी अलग अलग परीक्षाओं से मुक्ति

उन्हें एक रूपये किलो गेटूं चावल और नमक मिलेगा

मंत्रिमंडल बैठक केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज गैर राजपत्रित पदों और बैंकों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भर्ती एजेन्सी के गठन का निर्णय लिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसलों लिया गया इससे सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अब अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी केन्द्रीय कार्मिक और पेंशन मामलों के मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इससे भर्ती चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जायेगी इस एजेन्सी का उद्देश्य उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं के जाल से छटकारा दिलाना और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना है पीएम सावधानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से कोविड महामारी के कारण मौजूदा मॉनसून के दौरान खाश सावधानी बरतने की अपील की है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों का समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है आदिवासी उत्पाद जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज आदिवासी उत्पादों की बिक्री के लिए देशभर में वैन सेवा ट्राइब्स इंडिया ऑन वील्स की नई दिल्ली से शुरुआत की

इस अवसर श्री मुंडा ने कहा कि इन मोबाइल वैनों के माध्यम से ट्रायफेड द्वारा जैविक और प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुओं को रियायती दर पर विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा

यह देश का पांचवां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है अब तक इंदौर स्वच्छता में देश में पहले नम्बर पर रहा है वहीं राजधानी भोपाल दूसरे नम्बर पर था इस बार भी प्रदेश के अन्य शहरों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मींद बनी हई है

प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों से स्वेच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत भी करेंगे

बैतूल जिले के उपसंचालक कृषि कार्यालय के स्टाफ यहां के किसानों और आम लोगों ने सभी ने परस्पर सहयोग से जनभागीदारी का ऐसी नजीर पेश की है जिसकी मिसाल अब तक देखने को नहीं मिली

केन्द्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सदभावना की शपथ दिलाई जायेगी